केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना देशभर में लोकप्रिय हो रही है प्रदेश में भी लाभार्थी इसका फायदा उठा रहे हैं रूद्रप्रयाग और पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के आकलन के लिए एक महीने का सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया

इसके लिए राज्य सरकार केन्द्र के सहयोग से कार्ययोजना बनाएगी यह जानकारी केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने राजधानी में मुख्यमंत्री त्रियेन्द्र सिंह रावत के साथ कौशल विकास योजना की समीक्षा बैठक में दी

इन आईटीआई का सद्दपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए उद्योगों से टाईअप कर उन्हें आईटीआई गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाए उद्योग न केवल इन्हें अपग्रेड करेंगे बल्कि वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट भी देंगे इस काम में केंद्र सरकार से पूरे सहयोग का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन से जुड़े लोगों की दक्षता विकसित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए होटल रेस्टोरेंट वाहन चालन गाईड आदि के स्किलिंग और रीस्किलिंग करने की जरूरत है बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि हमारा ध्यान सेवा क्षेत्र पर केंद्रीत है जहां रोजगार और स्वरोजगार की बहत सम्भावनाएं है

उन्होंने निवेश और एफडीआई को आकर्षित करने के लायक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा बैठक में बताया गया कि आईटी बायो टेक्नोलॉजी कौशल विकास इलेक्ट्रॉनिक्स फूड पार्क वेयरहाउसिंग फिल्म निर्माण मेडिकल हेल्थ मछली पालन जैविक खेती और उत्पाद आदि क्षेत्रों में पूंजी निवेश की संभावना है राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में रोड शो करके राज्य में मौजूद संसाधनों कनेक्टिविटी कानून व्यवस्था बिजली की उपलब्यता लैंड लीज पॉलिसी सिंगल विंडो सिस्टम और दी जाने वाली तमाम सहूलियतों के बारे में बताया जाएगा विभिन्न देशों में सम्मेलन के जरिए राज्य में पूंजी निवेश के लिए उपलब्ध अनुकूल वातावरण की जानकारी दी जाएगी मौसम प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है

इसके अलावा ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग शयानाचट्टी और राणाचट्टी के बीच पिछले पांच दिनों से बंद है जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन यमुनोत्री धाम के लिए वैकल्पिक मार्ग से यात्रियों को भेजा जा रहा है उधर बदरीनाथ केदारनाथ और गंगोत्री राजमार्ग खुले हैं

इसे देखते हुए मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में आने जाने वाले यात्रियों और तीर्थयात्रियों तथा मैदानी क्षेत्रों के निचले स्थानों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है सावन हिंद्ओं के विशेष धार्मिक महत्व के महीने सावन के दूसरे सोमवार को आज प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ जुटी रही शिव मंदिरों में भक्तों की खासी भीड़ लगी रही चारों तरफ भोले बाबा के जयकारे सुनाई दे रहे थे लोगों ने मंदिरों में भोले बाबा का जलाभिषेक कर फूल और बेलपत्र से पूजन किया हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्वालुओं ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की राजधानी देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी भोले बाबा की पूजा अर्चना की गई प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा की गई अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना देश भर में लोकप्रिय हो रही है

इस योजना में लाभार्थी को बैंक में पेंशन प्रीमियम जमा करानी होती है जिसका लाभ उसे वृद्वावस्था में मिलेगा अटल पेंशन योजना उन बैंक खाताधारकों के लिए है जिनकी आमदनी कर योग्य नहीं है और जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से नहीं जुड़े हैं इस योजना में न केवल कम राशि जमा करवाकर हर माह ज्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं बल्कि असामयिक मृत्यु की दशा में परिवार को भी इसका फायदा दिलवा सकते हैं

अटल पेंशन योजना की सबसे खास बात यह है कि पीएफ खाते की ही तरह सरकार इस योजना में अपनी ओर से भी अंशदान देगी इस योजना के तहत एक हजार रुपये दो हजार तीन हजार चार हजार और पाँच हजार रुपये मासिक पेंशन का विकल्प होगा जिसके लिए प्रीमियम राशि अलग अलग होगी

निजी क्षेत्र में कार्यरत ठाकुर सुखकन सिंह भी प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना से खासा प्रभावित हैं

स्वच्छ भारत रूद्रप्रयाग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के आंकलन के लिए परसों से एक महीने तक चलने वाला सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया रूद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने आज स्थानीय बाजार से जिले के तीनों विकास खण्डों के लिए स्वच्छता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शुरू किया गया यह सर्वेक्षण तीनों विकास खण्डों न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने स्वजल के साथ सभी विभागों के समन्वय से सर्वेक्षण के मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए इस आंकलन में उच्च श्रेणी प्राप्त करने वाले राज्यों और जिलों को आगामी दो अक्ट्बर को केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा उधर पौड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष दीप्ति रावत ने तीन स्वच्छता रथों को हरी झण्डी दिखाकर जिले में सर्वेक्षण के लिए रवाना किया सर्वेक्षण के तहत स्कूलों आगनबाड़ी केंद्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों स्थानीय बाजारों और धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण किया जाएगा बीजेपी केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे जहां प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत राज्य मंत्री धन सिंह रावत समेत कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री ने संगठन के कार्यों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से बातचीत की और कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है

जनता मिलन अल्मोड़ा जिले में अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे जनशिकायतों और समस्याओं की सूची बनाकर उनका निस्तारण करें ताकि जिन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है उनका भी समय पर समाधान निकाला जा सके यह निर्देश जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को दिये